अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह विधेयक लाना जरूरी हो गया था श्री शाह ने कहा कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने विघेयक का समर्थन किया है और उनकी चिंताओं का समाधान किया गया है श्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा कांग्रेस मृणमुल कांग्रेस सहित कई दलों ने इसका विरोध किया

प्याज सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के प्रयासों के तहत खुदरा व्यापारियों के लिए इसकी भंडारण सीमा पांच टन से घटाकर दो टन कर दी है यह निर्णय खूले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है थोक व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा अतिथि विदवान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देशानुसार अतिथि विद्वानों को अन्य रिक्त पदों पर फिर से काम करने का अवसर प्रदान करने के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया कल से शुरू की जा रही है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के पदों पर नियुक्त करने की कार्यवाही जारी है एसबीआई एमसीएलआर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर में दस आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है एमसीएलआर वह न्यूनतम दर है जिससे कम पर बैंक ऋण नहीं दे सकते यह दर आज से प्रभावी होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस वित्त वर्ष में आठवीं बार एमसीएलआर में कटौती की है नई उधारी दर आठ प्रतिशत के स्थान पर सात दशमलव नौ प्रतिशत कर दी गई है एकलव्य खेल मध्यप्रदेश में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले आज से शुरू होंगे इसका शुभारंभ कल भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया उन्होंने खिलाड़ियो का आव्हान किया कि वे खेल की भावना से देश के भविष्य का निर्माण करें और इसकी शान बढ़ाये श्री नाथ ने कहा कि विविध संस्कृतियों सभ्यताओं भाषाओं और धर्मो के भारत देश की विशेषता आत्मासात करें समार्राह की शुरुआत में सभी राज्यों के विभिन्न जनजातीय कल्याण आवासीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मार्च पास्ट किया गया

श्री प्रजापति ने बताया कि पहले हाईकोर्ट और फिर उच्चतम न्यायालय से श्री लोधी को मिली राहत के बाद यह निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी उनसे मुलाकात कर इस बारे में जल्द फैसला करने की अपील की थी मीडिया सेंटर जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि भोपाल में मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि पर राज्य शासन द्वारा सर्व सुविधा युक्त मीडिया सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा भोपाल स्थित पत्रकार भवन को किराये जाने पर प्रतिकिया देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि नये मीडिया सेंटर में ऑडिटोरियम बैन्क्वेट हॉल सेमिनार हॉल और कान्फ्रेंस रूम के अतिरिक्त आर्ट गैलरी भी होगी उन्होंने बताया कि देश विदेश के मीडिया सेन्टरों का अध्ययन करने के बाद भोपाल में बनने वाले मीडिया सेन्टर भवन की डिजाइन तैयार कराई गई है नव निर्मित मीडिया सेन्टर में पत्रकारों और शोध संस्थाओं को मीडिया के विभिन्न रूपों के अध्ययन करने में मदद मिल सकेगी शोध के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे मीडिया सेन्टर में मीडिया एजेंसियों के लिये मीटिंग हॉल के अतिरिक्त लेक्चर थियेटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी मानवाधिकार दिवस आज विश्व मानवाधिकार दिवस है

प्रदेश में भी इस अवसर कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे धार में स्वच्छ पर्यावरण मानव अधिकार विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है रायसेन में भी आज कई कार्यकमों का आयोजन होगा उमरिया में स्कूलों में पर्यावरण और मानव अधिकार को लेकर कार्यशाला आयोजित की जायेगी अन्य जिलों में भी आज अलग अलग कार्यकम होंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनहित में कई निर्णय लिये हैं

श्री सिंह ने कहा है कि बिजली की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है

इस अवसर पर उनपर बनी एक फिल्म भी दिखाई जायेगी